वहीं प्रदेश में कई जिलों में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर

श्री मोदी के दोबारा सत्ता संभालने के बाद मन की बात कार्यक्रम की यह दूसरी कड़ी होगी यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क और आकाशवाणी की वेबसाइट ऑल इंडिया रेडिया डॉट जीओवी डॉट इन पर प्रसारित किया जाएगा इसका प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा हिन्दी में प्रसारण के तुरंत बाद यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा क्षेत्रीय भाषा में इसे रात आठ बजे दोबारा सुना जा सकेगा

इस दौरान श्री तोमर ने अपने संबोधन में कहा कि केन्द्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिये प्रतिबद्ध है उन्होंने खास तौर पर बुन्देलखंड अंचल में मिट्टी को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया श्री तोमर ने कहा कि कृषि विज्ञान केन्द्रो द्वारा कम पानी वाली फसलों की खेती के लिये किसानों को प्रोत्साहित करना सराहनीय है उन्होंने कहा कि कृषि से संबंधित विभिन्न एजेंसियों के बीच और समन्वय की जरूरत है

नई दरें एक अगस्त से लागू होंगी जीएसटी परिषद ने इलेक्ट्रिक बसों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने को भी मंजूरी दे दी है वित्ती मंत्री निर्मला सीतारामन ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक की इस महीने की पांच तारीख को संसद में केन्द्रीय बजट पेश किए जाने के बाद यह जीएसटी परिषद की पहली बैठक थी

इस कार्यशाला का शुभारंभ नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह ने किया इस कार्यशाला में सभी नगरीय निकायों के आयुक्त नगर पालिका और नगर परिषदों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी वरिष्ठ इंजीनियर और जल शक्ति अभियान से जुड़े विभिन्न अधिकारी मौजूद थे इन अधिकारीयों ने जल संरक्षण के तौर तरीके को समझा और सीखा अब ये अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में जल संरक्षण की योजनाएं प्रभावी रूप से क्रियांवित करेगें कार्यशाला को संबोधित करते हुए मंत्री श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में जल स्तर काफी नीचे जा चुका है ये अच्छे संकेत नहीं है उन्होंने कहा कि जल संरक्षण को लेकर सचेत होने की जरूरत है कार्यक्रम में इंदौर नगर निगम आयुक्त आशीष सिंह ने अभियान के अंतर्गत शहर में शुरू किये गये कार्यो की विस्तार से जानकारी दी

कलाम पुण्यतिथि पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइलमैन के नाम से मशहूर डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की चौथी पुण्यतिथि पर देश उन्हें याद कर रहा है

श्री कलाम को भारतीय मिसाइल प्रणाली और अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति पद को एक नए आयाम तक पहंचाया और आम लोगों के दिलों में जगह बनाई खासकर बच्चों और यूवाओं के बीच वे सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहे अच्छी खबर प्रादेशिक समाचारों में कल आप अच्छी खबर में सुनेंगे इंदौर में रेलवे की अनुठी पहल के बारे में अच्छी खबरमें आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है अनुकरणीय है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है

स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने दूध और दूध से बने पदार्थो और अन्य खाद्य सामग्री में मिलावट करने वालों के खिलाफ रासुका और जिला बदर की कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर पुलिस और प्रशासन बैखोफ होकर कार्यवाही करे उधर खंडवा कलेक्टर तन्वी सुन्द्रियाल ने दूध डेयरियों की नियमित जांच के दिए निर्देश हैं कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि पुलिस नगर निगम पशु चिकित्सा राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के दल बनाकर डेयरियों व चिलिंग प्लांट का निरीक्षण किया जाये श्रीमती सुन्द्रियाल ने एक कन्ट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश भी दिए जहां प्रतिदिन दुग्ध उत्पादों के निरीक्षण के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी एकत्र हो सके शिवपुरी में भी आज दूध के नमूने लिये गये वहीं रायसेन कलेक्टर ने अधिकारियों को सिंथेटिक दूध की जांच के लिये नमूने लेने के निर्देश दिये मुम्बई बाढ़ भारी बारिश के कारण मुम्बई में बदलापुर और बांगड़ी के बीच बाढ़ के पानी में फंसी महालक्ष्मी एक्सप्रेस के सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है

गृहमंत्री अमित शाह ने रेस्क्यू आपरेशन में लगे जवानों और एजेंसियों की सराहना की है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार अभी भी राज्य के हालात पर नजर रखे हुए है बारिश इधर मध्यप्रदेश में भी करीब एक पखवाड़े से रूठा हआ मॉनसून एक बार फिर मेहरबान हो गया है

राजधानी भोपाल में भी रूक रूककर बारिश का दौर जारी है श्योप्र से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल से हो रही बारिश से जिले की कूनो सीप अहेली जमूदा सरारी मोरडोंगरी और पार्वती नदियां उफान पर आ गई हैं उधर शिवपूरी जिले में हो रही मूसलाधार बारिश से सिंध नदी उफान पर है वहीं निचली बस्तियों में पानी भरने से लोग परेशान हो रहे हैं गुना सीहोर और अशोकनगर में भी कल से ही रूक रूककर बारिश हो रही है विदिशा और सागर जिलों में भी बारिश से फसलों को काफी फायदा हुआ है

गृह राज्य मंत्री नित्यांदन राय ने भी स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए

ब्लड बैंक प्रभारी ने लोगों से रक्तदान की अपील की है